श्री मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति भारतीय य्वाओं को नई च्नौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार और नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगी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 प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई नीति कंठस्थ करने के बजाए सीखने पर जोर देती है और वह छात्रों की विवेचनात्मक क्षमता को बढ़ाएगी

इस नीति का उद्देश्य विद्यालय और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्धार करना है इस सम्मेलन में राज्यों के शिक्षा मंत्री राज्य विश्वविद्यालयों के क्लपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे है

हालांकि चीनी सेना दवारा इस मामले पर अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है कल शाम एक ट्वीट में सांसद और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिज् ने कहा था कि इन पांच य्वको को अपर स्बनसिरी जिले के सीमावर्ती इलाके से चीनी सेना द्वारा पकड़ लिया गया था उल्लेखनीय है कि पिछले क्छ दिनों से इस मामले को लेकर कई राजनीतिक नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी सांसद तापिर गाव और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक निनोंग ईरिंग ने भी कहा था कि इन्हें नाचो के जंगल में जाने पर सीमावर्ती इलाके से पकड़ लिया गया था परिजनों के अन्सार यह घटना तीन सितंबर को इस समय हुई थी जब यह पांच य्वक नाचो इलाके के जंगल में शिकार के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में चले गए थे उधर तागिन कल्चरल सोसायटी ने इस मामले पर उम्मीद जाहिर की है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाएगा

जबकि रविवार को कोविड के निन्यानबे और मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार रविवार को कोविड संक्रमण के आए मामलों में से पंद्रह मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सत्रह मामले वेस्ट सियांग और पंद्रह अन्य मामले पाप्मपारे जिले से दर्ज किए गए जबकि लोंगडिंग से कोविड संक्रमण के बारह और मामले सामने आए राज्य मे कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ से ज्यादा हो गई है वहीं कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर उनहत्तर दशमलव चार चार प्रतिशत हो गई है प्रदेश में कोविड जांच के लिए अब तक एक लाख पचासी हजार लोगों के सैंपल लिए जा च्के है इस बीच कोविड संक्रमण से प्रभावित राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर की स्थिति स्थिर है और उनका इलाज ईटानगर के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में किया जा रहा है

इस समय कोविड मृत्यु दर एक दशमलव सात दो प्रतिशत है जोकि विश्व में सर्वाधिक कम दरों में है

पोषण माह का उद्देश्य सभी के लिए पोषण और स्वास्थ स्निश्चित करने में जन भागीदारी को प्रोत्साहन देना है

देश में कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए मंत्रालय सभी पक्षों को पोषण माह मनाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म को प्रोत्साहित कर रहा है